वे नई दिल्ली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे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 समझौता ज्ञापन राज्य सरकार और फ्रैंकफर्ट इनोवेशन जैंटरम के मध्य आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आयुर्वेदा व जीनोमिक्स स्टीक चिकित्सा और कृषि जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और विविध भौगोलिक हालात होने के कारण हिमाचल औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुकूल है एफआईजैड के सीईओ डॉक्टर किस्टियन गारबे ने एक दूसरे से सीखने की जुरूरत पर बल दिया उल्लेखनीय है कि हिमाचल में निवेश के लिए निवेशकों को आंकर्षित करने के उद्देश्यसे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों जर्मनी व नीदरलैंड के दौर पर हैं रोड़ शो इस बीच मुख्यमंत्री सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि दल ने आज जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में भारतीय वाणिज्य द्रतावास और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से रोड़ शो आयोजित किया इस दौरान उन्होंने हिमाचल में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्चैस्टर मीट में पर्यटन आयुष व वैलनेस उत्पादन फार्मास्यूटिकल रियल एस्टेट जल विद्यत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों की बुहद श्रंखला पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों को अपनी इकाईयां हिमाचल में लगाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और जर्मनी की कई कंपनियां प्रदेश में कियाशील हैं बाल श्रम आज बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है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

बैठक अवकाश शिमला शहर में सड़क के किनारे स्थित विभिन्न विद्यालयों से संबंधित यातायात प्रबंधन के विषय में उपायुक्त अमित कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला में एक बैठक हुई

ये निर्णय पर्यटन सीजन में वाहनों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए लिया गया है

इससे पहले आज सुबह उपायुक्त ने ए डीएम प्रभा राजीव और एसडीएम नीरज चांदला के साथ सड़क किनारे स्थित विद्यालयों के समीप यातायात व्यवस्था का जायजा लिया समय सारणी भीषण गर्मी के कारण बिलासपुर जिले में सभी सरकारी व निजी स्कूलों के समय में कल से बदलाव किया गया है

भेंट पावंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से आज दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाये दीं उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश के विकास सम्बंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की

चंबा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार भारी बारिश में ये युवती पशुओं को घास डालने घर से बाहर निकली थी युवती के माता पिता ने सरकार से ईलाज में मदद की गुहार लगाई है